मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आपदा प्रबंधन वन पर्यावरण और खान एवं भूतत्व विभाग के कार्यो की समीक्षा करेंगे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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब से थोड़ी देर में गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे इनमें दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क भी शामिल है जिसकी स्थापना कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास खावड़ा गांव में की जा रही है

यह पार्क सीमावर्ती इलाके में स्थित है जो सीमा सुरक्षा बल तथा भारतीय सेना के नियंत्रण में है और यहां नागरिकों का जाना वर्जित है गुजरात सरकार ने इस विश्वस्तरीय परियोजना के लिए विशाल भू क्षेत्र आवंटित किया है प्रधानमंत्री कच्छ जिले के मांडवी में खारे पानी को स्वच्छ करने के संयंत्र की भी आधारशिला रखेंगे इससे तीन सौ गांवों के करीब आठ लाख लोगों के लिए पीने के साफ पानी की व्यवस्था की जा सकेगी

यह संयंत्र सहकारी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है इससे प्रतिदिन दो लाख लीटर दूध का उत्पादन किया जा सकेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के निर्णय से सार्वजनिक निजी साझेदारी का नया यूग शुरू होगा श्री मोदी ने कहा कि जिस तरह सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाओं ने दुनियाभर में प्रसिद्धि प्राप्त की उसी तरह अंतरिक्ष क्षेत्र में भी करेंगी प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रमुख उद्योगपतियों स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के साथ कल वर्चअल बैठक में यह बात कही उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पेशेवर दृष्टिकोण और पारदर्शिता से अंतरिक्ष क्षेत्र में शामिल होने वाली कंपनियों को लाभ होगा उन्होंने प्रतिभागियों को आश्वासन दिया कि इस पहल में सरकार का पूरा और खुले दिल से समर्थन मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है जो इस वर्ष क्रांतिकारी सुधार साबित हुआ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आपदा प्रबंधन वन पर्यावरण और खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा करेंगे इस दौरान श्री सोरेन विभागीय योजनाओं की कार्य प्रगति की जानकारी लेंगे खूंटी जिले में मिशन गौरव परियोजना की शुरुवात की गई जिसका उदघाटन लोक लेखा समिति झारखंड के अध्यक्ष सह स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने किया कोरोना काल के दौरान अपने घर वापस लौटे प्रवासियों और लॉक डाउन के दौरान बदहाली की स्थिति में पहुंचे गरीबों की सेवा के लिए टाटा ट्रस्ट और टाईटन के आर्थिक सहयोग से सिनी नवभारत जागृति केंद्र और मुरह नारी शक्ति किसान प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड सामने आयी है इन संस्थाओं द्वारा मिशन गौरव नामक परियोजना शुरू की गई है मुरहू और खूंटी प्रखंडों में सर्वे कर इन संस्थाओं ने जरूरतमंद दस हजार सात लोगों की सूची तैयार की है इस अवसर पर विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए संगठित होकर काम करना होगा तभी विकास की परिकल्पना की जा सकती है चतरा जिले के किसानों ने संशोधित कृषि कानून का समर्थन किया है ज्यादातर किसान नए कृषि कानून से लाभ होने की बात बता रहे हैं उनका कहना है कि नए कृषि कानून से किसान देश के किसी भी राज्य में अपनी फसल को भेज सकते हैं

कोडरमा के शहरी इलाको में होल्डिंग टैक्स री असेसमेंट को लेकर व्यवसायिक भवनों की मापी का कार्य शुरू कर दी गई है इस दौरान शहर के कई व्यवसायिक भवनों के द्वारा दिए गए प्राने असेस्मेंट और वर्तमान में की जा रही मापी में काफी असमानता पाई गई है

सड़क की चौड़ाई और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के किस्म के आधार पर टैक्स का निर्धारण किया गया है मापी अधिकारी ने बताया कि री असेस्मेंट के बाद वैसे लोगों को भी नोटिस भेजा जाएगा जो बिना असेस्मेंट दिए बगैर आवासीय परिसर का कॉमर्शियल इस्तेमाल कर रहे है वही नगरपरिषद के टैक्स हेड प्रशांत भरतीय ने बताया कि असेस्मेंट के बाद जो भी टैक्स बकाया होगा और जुर्माने की राशि डिफॉल्टर को नियत समय के अंदर चुकानी होगी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई अनियमितता और सरकारी राशि के गबन मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी करेगी मुख्यमंत्री हेंमत सोरेन ने इस संबंध में प्रस्ताव को कल स्वीकृति दे दी है

झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट संतानबे दशमलव छह आठ प्रतिशत हो गई है कल दो सौ एक लोगों को संक्रमण मुक्त होने पर अस्पताल से छट्टी मिली है अबतक एक लाख नौ हजार एक सौ एकतालीस मरीज ठीक हुए हैं

इनमें एक हजार पांच सौ इकासी सक्रिय केस हैं कल कोरोना के दो सौ बारह नए मरीज मिले हैं जबकि एक मरीज की मौत होने से कल मृतकों की संख्या एक हजार हो गई है अब तक प्रदेश में पैंतालीस लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है कल पंद्रह हजार से अधिक कोविड टेस्ट किये गये

फाइजर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन किया है

कोविड वैक्सीन इनटेलिजेंस नेटवर्क को विन का उपयोग टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध लाभार्थियों का पता लगाने के लिए किया जाएगा टीकाकरण केन्द्र पर प्राथमिकता के अनुसार केवल पहले से पंजीकृत लाभार्थियों को ही टीका लगाया जाएगा टीकास्थल केन्द्र पर पंजीकरण कराने की कोई व्यवस्था नहीं होगी

क्षेत्र में विभिन्न कोविड वैक्सीन को आपस में मिलने से बचाने के लिए राज्यों से कहा गया है कि एक जिले में केवल एक विनिर्माता की वैक्सीन ही आवंटित की जाए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों को वैक्सीन कैरियर वैक्सीन वायल्स या आइसपैक को सीधे ध्रप के संपर्क में आने से बचाने के सभी उपाय करने को कहा गया है

उन्होंने भारंत के साथ पांच सौ से अधिक रजवाड़ों का विलय कराया था सरदार पटेल ने भारत के पहले उपप्रधानमंत्री के रूप में सेवा की और वे गृहमंत्री भी रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लौह प्रुष सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी प्रण्यतिथि पर नमन किया एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उनके दिखाए मार्ग हमें देश की एकता अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदा प्रेरित करते रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पृण्य तिथि पर भावभीनी श्रंद्वाजलि दी है

रेलवे भर्ती बोर्ड ने कोविड महामारी के समय में बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं प्रतिदिन दो पारियों में परीक्षा आयोजित करने के लिए सुरक्षित दूरी बनाना मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है अगली पारी शुरू करने से पहले परीक्षा केंद्र को सैनेटाइज किया जायेगा उम्मीदवारों के परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने पर तापमान की जांच की जाएगी और निर्धारित सीमा से अधिक तापमान वाले उम्मीदवारों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी इस संबंध में सूचना उनके पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर भी भेजी जा रही है